प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यकम में लोगों से फिट रहने की अपील की और कहा देश की विशालता और विविधता लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा राज्य में जन उपयोगी योजनाओं को समय से किया जाएगा पूरा मौसम विभाग ने राज्य के तीन जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिष और बिजली कड़कने की संभावना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार नौजवानों की प्रतिभा निखारकर उसे उचित मंच प्रदान करेगी मुख्यमंत्री आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फृटबॉल स्टेडियम में फिट इंडिया रन ओ थॉन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता आती है श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में खेल से जुड़ी प्रतिभाएं हैं जिसे राज्य सरकार जल्द ही निखारेगी राज्य सरकार के खेलकृद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देष और विदेष से आए धावकों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परम्पराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है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 श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चुनें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित कांके रोड आवास पर बड़ी संख्या में आम लोगों से मुलाकात की इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और परेशानियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया मुख्यमंत्री ने सभी को सुनने के दौरान कहा कि राज्य सरकार जनता के दृख और दर्द को यथासंभव दूर करने की कोषिष करेगी इधर झारखंड शिक्षा मित्र केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को राज्य में काम कर रहे सभी पैंसठ हजार पारा शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए नियमावली बनाने की अपील की वहीं गढ़वा जिले से आए पारा शिक्षकों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होने की वजह से रोके गए मानदेय को रिलीज करने की मांग रखी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल रहा है इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे तीन किश्तों में छह हजार रूपये प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं

इसका उद्देश्य देशभर को किसान परिवारों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें कृषि और घरेलू आवश्यकताओं से जुड़े खर्च को लिए सक्षम बनाना था गोड़डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के जनजातीय बहल क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौषल योजना के तहत प्रषिक्षण दिया जा रहा है

ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में जन उपयोगी योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है श्री आलम आज साहेबगंज जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे बैठक के बाद उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरूआत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को अधिक सुगम बनाने के वास्ते कई बुनियादी सुधार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सराहना की जानी चाहिए राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से गरीबों के विकास के लिए आगे आने की अपील की है राज्यपाल ने आज रांची में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित मेगा हेल्थ मेले का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के विकास से ही देष का विकास संभव है इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ विधायक सीपी सिंह नवीन जयसवाल और उपमहापौर संजय विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे मेले में बीस विषेषज्ञ डॉक्टरों ने आम लोगों का मुफ्त इलाज किया

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश क्मार सिंह जिला सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद और उपायुक्त अमित कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे मौसम विभाग ने राज्य के तीन जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिष और बिजली कड़कने की संभावना जतायी है रांची स्थित मौसम केंद्र के एक वैज्ञानिक ने बताया कि लातेहार चतरा और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में हल्की बारिष के साथ तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं

श्री महतो कल झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएषन की ओर से आयोजित एक कार्यषाला को संबोधित कर रहे थे

गिरफ्तार युवक के पास से सेना से जुड़े विभिन्न कागजात और रबर स्टाम्प बरामद किए गए हैं

कुलपति ने बताया कि कॉलेज की आधारभूत संरचना जल्द ही सुधारी जाएगी